अनलॉक ई पास प्रदेश में अब राज्य से बाहर आने जाने में किसी तरह के पास की जरूरत नहीं पडेगी राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है जारी आदेश में कहा गया है कि अब अंतर्राज्यीय या राज्य के अंदर आवागमन के लिए ई पास की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के तौर पर स्वैच्छिक रूप से ई पास का उपयोग किया जा सकेगा ताकि ट्रैवल हिस्ट्री का रिकॉर्ड रखा जा सके निर्देश में यह भी कहा गया है कि एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन अंतर्राज्यीय जांच चौकी जैसी जगहों पर बिना ई पास के आवागमन करने वाले यात्रियों से आग्रह किया जाएगा कि वे ई पास के लिए आवेदन के बाद ही यात्रा करें हालांकि दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ आने पर चौदह दिन का क्वारेंटाइन नियम पहले की तरह लागू रहेगा गौरतलब है कि कल ही केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर तत्काल प्रभाव से ई पास की अनिवार्यता खत्म करने और आवागमन में रोक के निर्देश को वापस लेने को कहा था जावड़ेकर फिल्म टेलीविजन केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कोरोना महामारी के दौर में फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रमों के निर्माण की मानक संचालन प्रक्रिया की आज घोषणा की श्री जावड़ेकर ने कहा कि फिल्म और टेलीविजन महत्वपूर्ण उद्योग है जिससे लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा है उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के परामर्श के बाद फिल्म और टेलीविजन उद्योग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है अब फिल्म का हो या टीवी सीरियल का या कार्यक्रमों का शूटिंग कर सकते हैं उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग मास्क केवल कैमरा के सामने जो होगा किरदार वो नहीं मास्क लगाएगा लेकिन बाकी लोग जो प्रोडक्शन से जुड़े हों वो मास्क लगाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे आज अंतर्राष्ट्रीय जो नॉर्म्स एक तरह से हो गए हैं वो सब लागू किए हैं मुझे लगता है इससे बंद पड़ी इंडस्ट्री को एक नई संजीवनी मिलेगी श्री जावड़ेकर ने बताया कि टेलीविजन कार्यक्रमों और फिल्मों की शूटिंग तथा निर्माण कार्य अब समूचे देश में शुरू किया जा सकता है उन्होंने कहा कि देश के कई भागों में इस उद्योग को पूरी तरह बंद कर दिया गया था और कुछ राज्यों में आंशिक रूप से शूटिंग की अनुमति दी गई थी लेकिन अब सरकार अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों के आधार पर मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर रही है उन्होंने कहा कि यह उद्योग अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ है जो लाखों लोगों को रोजगार देता है अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित इन दिशा निर्देशों में न्यूनतम कर्मचारियों का प्रावधान है हर्षवर्धन कोरोना वैक्सीन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश इस वर्ष के अंत तक कोरोना संक्रमण के उपचार के लिए वैक्सीन विकसित कर लेगा उन्होंने पत्रकारों को बताया कि कोरोना संक्रमण के उपचार के लिए देश में बन रही तीन में से एक वैक्सीन पूर्व नैदानिक मानव परीक्षण के तीसरे दौर में पहुंच चुकी है कोरोना संक्रमण पर राष्ट्रीय कार्यबल के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि तीसरे दौर में पहुंची वैक्सीन के परीक्षण के उत्साहजनक परिणाम मिले हैं डॉ पॉल ने कहा कि अन्य दो वैक्सीन फिलहाल चिकित्सकीय परीक्षण के पहले और दूसरे चरण में हैं राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश नौकरी के लिए उम्मीदवारों का चयन राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी से आयोजित संयुक्त पात्रता परीक्षा सीईटी के माध्यम से कर सकते हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने कहा कि सीईटी में प्राप्त अंक राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की भर्ती एजेंसियों के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र के साथ साझा किये जा सकते हैं उन्होंने कहा कि इससे उम्मीदवारों के चयन में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की भर्ती एजेंसियों के धन और समय की बचत होगी साथ ही नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को भी आसानी होगी मुख्यमंत्री जन्मदिन बधाई राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जन्मदिन पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके दीर्घायु तथा स्वस्थ जीवन की कामना की है मुख्यमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अनेक केंद्रीय मंत्रियों कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा देश प्रदेश के अनेक जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को दूरभाष और ट्वीट के जरिये बधाई संदेश प्रेषित किए हैं इधर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों तथा भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने श्री बघेल को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं

कोरोना संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में प्रदेश के विभिन्न जिलों और विकासखंड मुख्यालय में उपस्थित जनप्रतिनिधियों कार्यकर्ताओं और नागरिकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े तथा सबका अभिवादन और शुभकामनाएं स्वीकार कीं मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान विभिन्न जिलों में वर्षा और खरीफ फसलों की स्थिति के बारे में जानकारी ली इस दौरान उन्होंने कहा कि इस साल अरपा महोत्सव का आयोजन नवगठित गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले में किया जाएगा उन्होंने जांजगीर चांपा जिले में यूरिया खाद की कालाबाजारी की शिकायत पर अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में यूरिया की कमी नहीं है किसानों को उचित मूल्य पर यूरिया खाद मिलेगी इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मुंगेली जिले में अतिवृष्टि से फसलों और घरों को हुए नुकसान का प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की घोषणा की मेडिकल कॉलेज लैब लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दुर्ग जिले के जुनवानी स्थित श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में आधुनिक उपकरणों से लैस अत्याधुनिक कोविड लैब का ऑनलाइन लोकार्पण किया इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज के डीन ने लैब की कार्यप्रणाली और मशीनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी उन्होंने बताया कि इस कोविड लैब की क्षमता अभी सात सौ से आठ सौ है जिसे बढ़ाकर बारह सौ से चौदह सौ करने की योजना है इसी तरह मुख्यमंत्री ने भिलाई के सेक्टर पांच में मुख्य सड़क सेंट्रल एवेन्यू से फॉरेस्ट एवेन्यू तक दोनों किनारे में सौंदर्यीकरण कार्य का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये ई लोकार्पण किया

यह कार्यक्रम कल शाम चार बजे आयोजित किया जाएगा जिन भवनों का कल उद्घाटन होगा उनमें रसायन शास्त्र और जू लॉजी विभाग की बिल्डिंग के साथ साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास और अमर शहीद वीरनारायण सिंह छात्रावास का भवन शामिल हैं एक्स रे मशीन प्रदेश के नये जिले गौरेला पेण्ड्रा मरवाही की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाते हुए दो नई अत्याध्निक एक्स रे मशीनें जिला अस्पताल गौरेला और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मरवाही में लगाई गई है गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर जिलेवासियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये चर्चा करते हुए शिक्षा स्वास्थ्य सहित सभी तरह की अधोसंरचनाओं के विकास के लिए तेजी से कदम उठाए जाने का आश्वासन दिया था इसी कड़ी में उच्च तकनीकी क्षमता की एक्स रे मशीनों की स्थापना की गई है अब जिले के शासकीय अस्पतालों में एक्स रे मशीन लग जाने से हड्डियां ट्रटने फैक्चर और दुर्घटनाओं में अस्थि विकारों से पीड़ितों का स्थानीय स्तर पर ही इलाज हो सकेगा एंबुलेंस लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नगर निगम रायपुर की अत्याधुनिक चिकित्सकीय सुविधाओं से युक्त एंबुलेंस वाहन का लोकार्पण किया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के दौर में यह अत्याधुनिक एंबुलेंस प्रदेशवासियों के लिए लाभकारी होगा रायपुर नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराया गया यह एंबुलेंस वाहन पूरी तरह वातानुकूलित है जिसमें वेंटीलेटर की सुविधा भी उपलब्ध है शिक्षक सम्मान दुर्ग जिले की शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला जेवरा सिरसा की व्याख्याता सपना सोनी का चयन राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान के लिए हुआ है इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान पाने वाली श्रीमती सोनी राज्य से एकमात्र शिक्षिका है उनका चयन विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन और अध्यापन कार्य में लगातार किए गए नवाचार के कारण हुआ है श्रीमती सोनी ने बताया कि उन्होंने नवाचार की शुरूआत वर्ष दो हजार नौ में की थी उन्होंने इसे परंपरागत प्रणाली से हटकर गतिविधि आधारित प्रयोगात्मक और व्यवहारिक बनाया है

कोरोना मरीज छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं आज भी विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमित नये मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है रायगढ़ जिले में आज इक्कीस नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने लॉकडाउन की अवधि को सात दिनों से बढ़ाकर चौदह दिनों तक कर दिया है उधर महासमुंद जिले में आज सोलह नये कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं इनमें तुमगांव से पांच मरीज शामिल हैं वहीं राजनांदगांव जिले में आज छह नये कोरोना पॉजीटिव मरीजों की पुष्टि हुई है कांग्रेस के शहर अध्यक्ष जिला कांग्रेस के प्रवक्ता और एक कम्प्यूटर ऑपरेटर की कोरोना जांच रिपोर्ट भी पॉजीटिव आई है सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है इसी तरह कोंडागांव जिले में आज दो नये कोरोना पॉजीटिव मरीज मिले हैं वहीं जिले के भाजपा अध्यक्ष भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं गौरतलब है कि कल देर रात स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार विभिन्न जिलों से सात सौ चार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई थी इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बीस हजार को पार कर गई है वर्तमान में सात हजार छह सौ तीस कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है कोरोना एंटीजन टेस्ट कोरबा जिले के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले सर्दी खांसी बुखार और सांस लेने की तकलीफ से पीड़ित मरीजों का निःशुल्क एंटीजन टेस्ट कराया जाएगा जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोना पीड़ित मरीजों की पहचान करने के लिए यह निर्णय लिया है स्पंदन कार्यक्रम कबीरधाम जिले के थाना सिंघनपुरी जंगल में स्पंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस मौके पर पुलिस अधीक्षक केएल ध्र्व ने कोरोना संक्रमण काल के दौरान ईमानदारी और लगन से ड्यूटी करने वाले कोरोना फाइटर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का सम्मान किया इस दौरान श्री ध्रुव ने थाने के अधिकारियों और कर्मचारियों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनी और उनके जल्द निराकरण का आश्वासन दिया उन्होंने जवानों को शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने के लिए विभिन्न खेलों योगासन और व्यायाम करने की सलाह दी रेल प्रबंधक प्रेसवार्ता दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक आलोक सहाय ने कहा है कि कोरोना संकट काल में भी बिलासपुर मंडल द्वारा मालगाड़ियों और पार्सल गाड़ियों का परिचालन करते हुए पूरे देश में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है श्री सहाय आज बिलासपुर में वर्चुअल प्रेसवार्ता के माध्यम से पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे उन्होंने कहा कि यात्री सुविधाओं और सुरक्षा संबंधी जरूरी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है आरक्षक हत्या बीजापुर जिले में आज अज्ञात व्यक्ति ने एक सहायक आरक्षक की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि कुटरू थाना क्षेत्र इलाके में सहायक आरक्षक सुरेश कुमरे राशन सामान खरीदने बाजार गया था इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने सहायक आरक्षक पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया जिससे जवान की मौके पर ही मौत हो गई

पुलिस अधीक्षक ने इस घटना के पीछे माओवादियों का हाथ होने की आशंका जताई है

यह त्यौहार नई फसल के आगमन और किसानों के बंधुत्व के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को नुआखाई की शुभकामनाएं दी हैं अपने संदेश में श्री बघेल ने कहा है कि यह त्यौहार नई फसल के आगमन धरती और भगवान के वंदन तथा किसान भाईयों के बंधुत्व और एकत्व का प्रतीक है मुख्यमंत्री ने लोगों से नुआखाई पर्व मनाने के दौरान कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी उपायों का पालन करने की अपील की है गौरतलब है कि गांव की खुशहाली और सामाजिक संबंधों को प्रगाढ़ करने वाला यह त्यौहार ऋषि पंचमी के दिन मनाया जाता है

समारोह के दूसरे दिन आज अनुजा और चेतना वोकल आशीष पिल्लई भरतनाट्यम और पंडित अजय प्रसन्ना बांसुरी का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे

बेमेतरा जिले में पुलिस ने नवागढ़ थाने के ग्राम साल्हेघोरी में मवेशी तस्करी करते सात लोगों को गिरफ्तार किया है आरोपियों द्वारा ट्रक से बीस जोड़ी भैंस को बूचड़खाने ले जाया जा रहा था